केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए होम क्वारेंटाइन के नये निर्देश जारी किये

मंत्रिमंडल बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया

मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नौ पूर्व विधायक शामिल हैं

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई प्रदेष मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बधाई दी और उनसे राज्य की जनता के हित में काम करने की अपील की श्री चौहान ने कहा कि मंत्रीगण विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से काम करते हुए प्रदेश की जनता का कल्याण सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें टीम के रूप में कार्य करना है मौजूदा कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है इसके बावजूद हम पूरी क्षमताओं से काम करें

मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन को लागू करने के लिए चालू वर्ष में राज्यों को आठ हजार करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करायी गयी है

जबलपुर में किल कोरोना अभियान में घर घर जाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है कलेक्टर भरत यादव ने बताया इसमें कोरोना सम्भावित लोग भी सामने आ रहे हैं

एडीएम किशोर कन्याल ने बताया कि बाजार खुलने के दौरान द्वकानदारों एवं आमजनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ अपने चेहरे को मास्क से ढककर रखना होगा

देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्यां में पता चलने के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे कोरोना संक्रमित रोगी जिनमें चिकित्सक ने रोग के लक्षण बेहद मामूली होने या संक्रमण के बावजूद लक्षण नहीं दिखाई देने की पुष्टि की है अपने घर पर ही क्वारेंटाइन में रह सकते हैं मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रोगियों के घर में स्वयं को अलग रखने की सुविधाएं होनी चाहिए मंत्रालय ने घर पर क्वारेंटाइन वाले रोगियों की निगरानी के लिए विस्तुत दिशानिर्देश भी दिये हैं राज्य और जिला प्रशासनों को कहा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों और निगरानी दस्तों के जरिए रोजाना ऐसे रोगियों का ध्यान रखें इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे राज्यपाल समीक्षा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की राज्यपाल ने सॉफ्टवेयर के विभिन्न माड्यूल और प्रक्रिया की जानकारी ली इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली में छात्रों की समस्याओं और उनकी शिकायतों का निश्चित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए समीक्षा बैठक में राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के जरिए एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य संचालन व्यवस्था और उसकी उपयोगिता की जानकारी दी मौसम बारिश प्रदेष के कई स्थानों पर कल अच्छी बारिष हई इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में पांच सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई

राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर बादल छाये हुए हैं भोपाल मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार छिंदवाड़ा सिवनी मंडला बालाघाट सागर विदिशा सीहोर रतलाम उज्जैन नीमच एवं मंदसौर में आज भारी बारिश हो सकती है जबकि रीवा शहडोल जबलपुर सागर भोपाल होशंगाबाद इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं ग्वालियर एवं चंबल संभागों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक की स्थिति बन सकती है